उन्होंने यह बात आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे है श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अतिरिक्त देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों जब भी मैं आपको देखता हूं तो मुझे भविष्य का सशक्त मध्यप्रदेश और भारत दिखाई देता है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राही मेधावी बच्चों से संवाद भी किया किसान कल्याण योजना वहीं मुख्यमंत्री कल सुबह भोपाल के भिंटो हॉल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का श्रभारंभ करेंगे इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से सीधे संवाद भी करेंगे

गौरतलब है कि इस योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर प्रारंभ की गई है बिहार चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों की घोषणा कर दी है

इनमें बिजली कंपनी के जीएम और दो डिप्टी जीएम शामिल है

फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हिकल इन इंडिया योजना फेम के दूसरे चरण में महाराष्ट्र गोवा गूजरात और चंडीगढ़ के लिए बसें जबकि मध्य प्रदेश तमिलनाडू केरल गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है एक द्वीट में जावड़ेकर ने कहा है कि यह निर्णय डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाता है

प्रदेश में नई शिक्षा नीति आगामी शिक्षासत्र से लागू होगी

जाने माने गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नई में निधन हो गया है